ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं हुई बाधित मुजफ्फरपुर और पटना लगातार दूसरे दिन रहा देश का सबसे प्रदूषित शहर

और बिहार की महिला निशानेबाज श्रेयसी सिंह बनी राष्ट्रीय ट्रैप चैम्पियन

शिक्षा विभाग की हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया योजना में आवेदकों की संख्या बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाकर छात्रों के बीच योजना के प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिये गये विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार विद्यार्थियों को ऋण देने का लक्ष्य तय किया गया है जिसके विरुद्ध अब तक सड़सठ हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं शिक्षा विभाग के सभी अवकाश प्राप्त कर्मचारियों और अधिकारियों को इकतीस दिसम्बर तक लंबित पेंशन और सेवांत के लाभ मिल जायेंगे इसके लिए विभाग के उपसचिव ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को आदेश निर्गत किया है पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं कल अट्ठाईस ऑपरेशन नहीं हो सके जबकि डेढ़ हजार से अधिक मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा हड़ताल समाप्त कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव की डॉक्टरों से बातचीत का प्रयास भी विफल रहा महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत के बाद पीएमसीएच प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में विलंब के बाद अस्पताल प्रशासन ने नई सुविधा शुरू की है अब मरीज की मौत होने के बाद वाहन मिलने तक शव को उसी विभाग में रखा जायेगा जहां उसकी मौत हुई है इसकी जिम्मेवारी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों की होगी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है पत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं मुजफ्फरपुर की वायु गुणवत्ता कल दूसरे दिन भी देश में सबसे खराब रही वहीं पटना खराब वायु गुणवत्ता के मामले में देश में दूसरे स्थान पर रहा मुजफ्फरपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई तीन सौ तीस और पटना का तीन सौ तेईस दर्ज किया गया वहीं गया का एक्यूआई दो सौ छह रहा

सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण ट्रेन लेट होने की स्थिति में यात्रियों के उनके मोबाईल पर एसएमएस भेजा जायेगा रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यात्रियों के मोबाईल नम्बर पर यह जानकारी दी जायेगी कि ट्रेन कितना विलंब से चल रहा है ट्रेन की वास्तविक स्थिति क्या है और अगले स्टेशन पर पहुंचने का उसका संभावित समय क्या होगा सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेचने वाले किसानों को पुराने बोरे पर पच्चीस रूपये मिलेंगे सहकारिता विभाग ने इस संबंध में सभी पैक्स और व्यापार मंडलों को आदेश जारी कर दिया है प्रदेश में बीस साल से अधिक समय से बंद विभिन्न निगमों के पूराने कर्मचारियों के समायोजन के लिए उद्योग विभाग ने आवेदन मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उद्योग विभाग आवेदकों का साक्षात्कार लेगा और उनका अंतिम रूप से समायोजन किया जायेगा मानहानि के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ पटना स्थित सांसदों और विधायकों के लिए गठित विशेष अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है विशेष न्यायाधीश राजीव नयन की अदालत ने दो दिसम्बर को लालू प्रसाद को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया पश्चिम चंपारण के सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में बाढ़ से उद्योगों को हुए नुकसान का मुद्दा लोकसभा में उठाया श्री जायसवाल ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह में आयी भीषण बाढ़ के कारण कई उद्योग डिफॉल्टर हो गये हैं उन्होंने केन्द्र सरकार से ऐसे उद्योगों को तत्काल राहत देने की मांग की वहीं नालंदा से जदयू सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग उठाया दरभंगा से भाजपा सांसद गोपालजी ठाकुर ने मैथिली भाषा और मिथिलांचल की संस्कृति के संवर्द्वन के लिए मैथिली भाषा में दूरदर्शन के नये चैनल की शुरूआत करने की मांग उठायी पैक्स चुनाव के लिए वोटरलिस्ट में नाम नामांकन शुरू होने से पांच दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है आपत्ति मिलने पर सूची से नाम हटाने के लिए भी यही समय सीमा तय की गयी है मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मिल रही आपत्तियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने यह फैसला किया है इधर प्राधिकार ने चुनाव में शिक्षकों और निःशक्त कर्मियों को ड्यूटी पर नहीं लगाने का फैसला किया है बिहार की महिला निशानेबाज श्रेयसी सिंह राष्ट्रीय ट्रैप चैम्पियन बनी हैं नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित तिरसठवीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में सुश्री सिंह ने यह उपलब्धि हासिल की फाइनल मुकाबले में श्रेयसी ने पचास में से बयालीस लक्ष्यों पर निशाना साधा श्रेयसी सिंह जमुई की रहने वाली हैं अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के निजी नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों की आधी सीटें सरकारी कोटे से भरी जायेंगी स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सरकारी कोटे के माध्यम से इन एएनएम और जीएनएम स्कूलों में दाखिला लेने के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भी निर्धारण किया जा रहा है प्रदेश के निजी नर्सिंग स्कूलों में एएनएम और जीएनएम की छह हजार दो सौ छप्पन सीटें हैं

इस कैंप में तमिलनाडु और बिहार के कैडेट शामिल हो रहे हैं कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से पचास लाख रूपये मूल्य की अवैध दवा के साथ चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ताराताड़ गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक पूर्व नक्सली की हत्या कर दी मृतक की पहचान चरका पत्थर निवासी रवि यादव के रूप में की गयी है प्रदेश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में संविदा पर दो हजार इंस्ट्रक्टर की बहाली की जायेगी श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए दिसम्बर महीने से प्रक्रिया शुरू होगी औरंगाबाद स्थित सिन्हा कॉलेज में गरूड़ पक्षी के तीन बच्चे मिले हैं जिन्हें वन विभाग को सौंप दिया गया है सफेद रंग के ये पक्षी विलुप्त श्रेणी में आते हैं तीनों ही पक्षियों को पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान लाया जायेगा किऊल रेलवे स्टेशन पर रेल पूलिस ने उपासना एक्सप्रेस से पैंतालीस जिंदा कछुआ बरामद किया बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की सोलह लाख रूपये घूस लेते गिरफ्तारी की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक जागरण ने लिखा है कार्यपालक अभियंता सोलह लाख घूस के साथ गिरफ्तार फ्लैट में जलाये गये लाखों के नोट हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिजली के फिक्सड चार्ज में हो सकती है वृद्धि दैनिक भास्कर ने लिखा है नीतीश एक पखवाड़े बाद चंपारण से ही शुरू करेंगे जल जीवन हरियाली यात्रा प्रभात खबर ने संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को प्रमुखता देते हुए लिखा है रूकावट के बजाय संवाद का रास्ता चुनें सदस्य आज और राष्ट्रीय सहारा ने कल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई लूट और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं हुई बाधित मुजफ्फरपुर और पटना लगातार दूसरे दिन रहा देश का सबसे प्रदूषित शहर

और बिहार की महिला निशानेबाज श्रेयसी सिंह बनी राष्ट्रीय ट्रैप चैम्पियन